आज मनाया जा रहा है लोक प्रसारण दिवस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

दोनों पक्षों में हुई बातचीत में छह बिन्दुओं पर सहमति बन गई आंदोलन के अगुवा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मुलाकात की

इसके बाद रेल और सड़क यातायात सुचारू हो जाएगा उधर करौली जिले में आज रोडवेज प्रबंधन ने करौली हिण्डौन मार्ग पर बसों का संचालन शुरू कर दिया है

गौरतलब है कि केन्द्रीय आयुष मंत्रालय ने जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है स्वायत्तता मिलने के बाद ये संस्थान आयूर्वेद के क्षेत्र में वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता हासिल कर सकेगा

उन्होंने कहा है कि पटाखों पर रोक धर्म या पर्व को देखते हुए नहीं बल्कि प्रदेशवासियों की सेहत को देखते हुए लगाई गई है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेशवासियों के जीवन की रक्षा सबसे महत्वपूर्ण है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

राष्ट्रपिता ने विस्थापित लोगों को संबोधित किया जो बंटवारे के बाद अस्थायी रूप से हरियाणा के कुरूक्षेत्र में रह रहे थे